मुख्यमंत्री कमलाथ कल इंदौर में संजीवनी क्लीनिक के पहले चरण का श्भारंभ करेंगे सभी क्लीनिक दूरस्थ और निचली बस्तियों में बनाए गए हैं संजीवनी क्लीनिक स्वास्थ्य विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग के संयुक्त अभियान के अंतर्गत शुरू किये जा रहे हैं

यहां वे ब्रिलियंट कंवेंशन सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगी इसके बाद वे देवास जिले के दिगम्बर जैन तीर्थ क्षेत्र नेमावर स्थित हथकरघा बुनाई केन्द्र का निरीक्षण करेंगी मातृवंदना कार्यशाला गर्भवती और शिशुओं का पालन पोषण करने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण का सम्रचित ध्यान देने के उददेश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग प्रदेश में मातृवंदना सप्ताह मना रहा है

कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनुपम राजन ने बताया कि महिला को प्रसव के पहले पर्याप्त आराम देने के अवसर उपलब्ध कराने गर्भवती और शिशुओं का पालन करने वाली माताओं को पोषण के लिए प्रोत्साहन राशि देने के साथ साथ इसके लिए अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मातुवंदना योजना श्रू की गई कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त नरेश कुमार पाल और राज्य नोडल अधिकारी आरपी रमनवाल ने योजना के बारे में मीडिया कर्मियों को विस्तार से जानकारी दी इसी कड़ी में छिंदवाड़ा में भी महिला एवं बाल विकास विभाग के नुक्कड़ नाटक के जरिए महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज सुबह संसद भवन परिसर में डॉ अम्बेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की

हमारे विदिशा संवाददाता ने बताया है कि जिले में अम्बेडकर चौराहे स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई वहीं खंडवा रेलवे स्टेशन परिसर में भी डॉ अम्बेडकर को यादकर उनके बताये गये मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया इंदौर के निकट संविधान निर्माता की जन्मस्थली महू में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई

साइबराबाद के पुलिस आयुक्त सज्जनार ने चारों आरोपियों के मुठभेड़ में मारे जाने की पुष्टि की है शुरुआती खबरों में बताया गया है कि पुलिस अपराध की छानबीन के लिए चारों आरोपियों को घटनास्थल पर ले गई थी जहां आरोपियों ने भागने की कोशिश की बार बार चेतावनी के बावजूद जब आरोपी नहीं रुके तो पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिससे चारों आरोपी ढेर हो गए

इस दौरान श्री यादव ने न्यू रामनगर में सड़क के बीचों बीच नाले के ऊपर बनाये गए डिवाइडर पर पौधा रोपण की कार्ययोजना तैयार करने तथा डिवाइडर की ऊंचाई कम करने के निर्देश दिए उन्होंने नगर निगम अधिकारियों से कहा कि इस तरह के सभी अतिक्रमणों को शीघ्र हटाया जाए भाजपा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदेश में यूरिया की कमी और किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया सागर में हुये प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार पर यूरिया बिजली के बढ़े बिलों और किसानों की समस्याओं के मुद्दे पर गंभीर आरोप लगाये उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को यूरिया और गरीबों को सस्ती बिजली देने में विफल रही है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव सहित अनेक भाजपा नेताओ ने गिरफ्तारियां दी जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया उधर प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने किसानों की बदहाली के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया

लोकसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि पिछले वर्षो में टीकाकरण अभियान लगातार प्रगति कर रहा है

श्री चौबे ने कहा कि मिशन इन्द्रधनुष को और सशक्त बनाने के लिए कई कार्यक्रम चलाये गये हैं

आज राज्यसभा में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न उपाय कर रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना इन प्रयासों में शामिल हैं

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि केंद्र कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है मंडी निरिक्षण बैतूल जिला कलेक्टर ने आज बडोरा की कृषि उपज मण्डी का निरीक्षण किया उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को उपज बेचने में कोई असुविधा न हो साथ ही मण्डी में आने वाले किसानों को बुनियादी सुविधाऐं उपलब्ध कराई जायें उन्होंने मंडी परिसर में स्वच्छता रखने और सर्दी के मौसम में रात में अलाव जलाने के निर्देश भी दिये

अब तक सिर्फ साढ़े दस हजार आवेदकों ने ही पंजीयन कराया है

कॉपी जांच अभियान प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बच्चों की कॉपियां जांचने का अभियान चलाया जा रहा है इस कड़ी में आज अशोकनगर जिले के सभी शासकीय स्कूलों में कॉपी चैकिंग का एक दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया इस दौरान स्कूलों में कॉपी चैकिंग कार्य का निरीक्षण कर शिक्षा की गुणवत्ता को परखा गया आगरमालवा जिले में भी बच्चों की कॉपियां चेक की गई उधर शिवपुरी जिले के शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कॉपियां जांची गई इस दौरान जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ साथ अन्य अधिकारियों ने जिले के विभिन्न स्कूलों में पहंचकर बच्चों की कॉपियां जांची

इससे पहले भी उन्हें राज्य शासन ने हटाया था लेकिन वह हाईकोर्ट से स्टे लेकर आ गई थीं

नमस्कार